भारी वर्षा के चलते लगभग साढ़े नौ हजार एकड़ की फसलों को काफी न्कसान हआ है राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने ये जानकारी देते हए बताया कि इन जिलों के उपाय्क्तों से मिली रिपोर्ट के आधार पर विशेष गिरदावरी के निर्देश दिये गये है इन जिलों में धान बाजरा कपास व सब्जियों की खेती को वर्षा से बहुत नुकसान ह्आ है केन्द्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेल फ्रेट कारिडोर योजना को रेवाड़ी इलाकें की तस्वीर बदलने वाली योजना बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में विकास को तीव्र गति मिलेगी आज रेवाड़ी मे केन्द्रीय मंत्री ने कहा िक रेल फ्रेट कारिडोर निर्माण के दौरान गांवों के रास्ते बंद होने के बाद ग्रामीणो को हो रही परेशानियों के समाधान के लिए वे जल्द ही डीएफसी के और जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करंगे और रेल मंत्री से मुलाकात करेंगे ग्रामीणों को रेल फ्रेट कारिडोर का महत्व समझाते हए कारिडोर का श्री राव ने बताया कि जापान के सहयोग से निर्माणाधीन ये योजना दादरी से वाया कोटा मुम्बई आयेगी जिससे खासकर दक्षिण हरियाणा को फायदा होगा उन्होंने कहा कि क्षेत्र मे राजनीति करने वाले तो बहत लोगा है पर इलाके के विकास के लिए दूरगामी परियोजनाएं लाने का काम उन्होंने ही किया है प्रथम रक्षा विश्वविदयालय केन्द्रीय विश्वविदयालय स्कृल की यहां जिसमें स्थापना प्रम्ख है आज दोपहर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विर्स्जन उनकी प्त्री नमिता द्वारा हरिद्वार की हर की पौड़ी में किया गया इस दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत मौजूद थे हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर केएमपी अथवा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का नामकरण करने पर कैबिनेट मे विचार किया जायेगा उन्होंने पंचायतों और पंचायती राज संस्थाओं से अपीलकी कि वे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के नाम पर पौधे लगाये ताकि आने वाली पीढ़ी उन्हें याद रख सकें श्री धनखड़ ने पाठ्यक्रम मे भी अटल बिहारी की जीवनी को शामिल किये जाने की बात कही भिवानी में आयोजित श्रदवाजंलि समारोह मे श्री धनखड़ ने उन्हें सदी का महान नेता बताया उन्होंने कहा कि शिक्षा के पाठ्यक्रम मे श्री वाजपेयी की जीवनी को शामिल किये जाने पर स्झाव केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेक्वर व प्रदेश सरकार से चर्चा की जायेगी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा है कि प्र्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के यूग प्रूष थे उन्होंने देश के विकास के लिए प्रत्येक व्यकित व विरोधियों को साथ् लेकर आगे बढ़ने का कार्य किया और उनकी इसी खूबी के चलते उन्हे अजात शत्र् की संज्ञा दी गई

पहले ऐसे रहे है जिन्होंने यूएनओ में हिन्दी में भाषण दिया श्री वाजपेयी ने सात बार य्एनओ में सम्बोधित किया जिसमें दो बार विपक्ष में होते हुए उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आज नारनौल के कनीना में श्रदवाजंलि सभा का आयोजन किया गया हरियाणा विधानसभा की डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने श्री वाजपेयी के चित्र पर पृष्प अर्पित कर श्रदवाजंति दी उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी ने पोखरन में परमाण् परीक्षण कर विश्व के सामने भारत का लोहा मनवाया उन्होंने हमेशा हिन्दी को प्रमुखता दी और देश को सर्वोपरि माना

अखिल भारतीय ब्राहमण सभा द्वारा इन मांगों को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विप्ल गोयल को ज्ञापन सौंपा जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है उन्होंने बल्लभगढ़ मैट्रो स्टेशन का नाम बदल कर स्वर्गीय वाजपेयी के नाम रखने के प्रस्ताव पर भी सहमति जतायी है भिवानी के नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर भाजपा नेता हर्षवर्धन ओम प्रकाश मान के नेतृत्व में सैंकड़ों युवाओं ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रदवाजंति दी मान ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी राजनीति में सभी वर्गो को साथ लेकर चले और वे जात पात धर्म की राजनीति से दूर रहे उन्होंने सदैव रचनात्मक भूमिका निभाई जिसे सदा याद रखा जायेगा

महिलाओं के शुटिंग के ट्रैप स्पर्धा में श्रेयशी सिह और सीमा तोमर अगले दौर में स्थान पाने के लिये खेल रहे है तथा प्रूषों की ट्रैप मुकाबले में मानवजीत सिंह संध् और लक्ष्य मैदान में है

तैराकी में सजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज ने फाईनल के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है नौका चालन प्रतियोगिता में ओमप्रकाश और स्वर्ण सिंह ने प्रूषों के डबल स्क्लस के फाईनल में बना ली है प्रूषों में पेयर इवेंट में रोईंग में मलकीत सिंह और ग्रिंदर सिंह की जोड़ी फाईनल में पहंच गयी है बैडमिंटल की प्रूषों की टीम प्रतियोगिता में भारत ने मालदीप की टीम से हराकर कर क्वार्टर फाईनल में प्रवेश किया

भारतीय प्रूषों की कबड़डी टीम ने बांगलादेश को हराया तो महिलाओं की टीम ने जापान को कबङ्डी में मात दी भारतीय महिला हाकी टीम आज अपने पहले मैच मे मेज़बान इंडोनेशिया के विरूद्व मैच खेलेगी इधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाड में शूटिंग मे कांस्य पदक लाने वाली जोड़ी अपूर्वी चंदेला और रवि क्मार को बधाई दी है

श्री मोदी ने कहा कि लोग अपने विचार व सुझाव उन्हें नरेन्द्र मोदी एप व माई गाव ओपन फोरम के जरिये दे सकते है

फरीदाबाद स्थित वाईएमसीए विज्ञान प्रौदयोगिकी विश्वविदयालय दवारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उददेश्य से अडॉप्ट ए ट्री अभियान की शुरूआत की गई है इसके अंतर्गत विदयार्थियों को पौधा गोद लेने तथा उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है

हरियाण फ्टबाल एसोसिएश्न की ओर से प्रदेश मे पहली बार अम्बाला शहर में सब जूनियर नेशनल फुटबाल चैम्पियनशिप आयोजित की जा रही है जो कल से शुरू होगी